पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बर्ड फलू के संबंध में लगातार निगरानी रखने के दिए निर्देश मुर्गीपालकों से कहा रखें सावधानी घबराने की आवश्यकता नहीं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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस अवसर पर वे न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक डेढ़ किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को इांडी दिखाकर रवाना भी करेंगे इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेलमंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खण्ड हरियाणा और राजस्थान में आता है

इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाडियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाडी मानेसर नारनौल फूलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा इस रेल खंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड जाएंगे यह खण्ड गुजरात में स्थित काण्डला पीपावाव मुंद्रा और दाहेज के पश्चिमी बंदरगाहों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है

उपाध्यक्ष में पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी हरिमोहन शर्मा महेन्द्र जीत सिंह मालवीय और नसीम अख्तर इंसाफ के नाम शामिल हैं वहीं महासचिव की सुची में अन्य के अलावा पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया और विधायक रीटा चौधरी को जगह दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नवगठित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी हैं

झुंझुनूं में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

निर्देश में कहा गया है कि कक्षा एक से आठवीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेगी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा इसमें माता पिता की सहमति होगी संस्थानों को केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से जारी हैल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा

रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही संस्थान में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी केवल कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर ही विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान जाने की अनुमति होगी ऑनलाइन शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा सभी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में सूचना नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी संस्थान अपने विद्यार्थी और स्टाफ की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे

संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल पीजी और किराए के मकानों में भी कोरोना को लेकर आवश्यक व्सवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी उधर हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कोरोना के कारण पिछले कई महीनों से बंद ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल आज से खूल रहे हैं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

आज का प्रश्न है क्या कोरोना से ठीक हए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना आवश्यक है इसका जवाब है पहले से संकमित होने के बावजूद वैक्सीन की पूरी खुराक लेना आवश्यक है क्योंकि यह एक मजबूत प्रतिक्रया तंत्र विकसित करने में मदद करेगा

उन्होंने कहा है कि मुर्गीपालकों के साथ जिलेवार सोशल मीडिया पर ग्रप बनाकर जरूरी जानकारी साझा करते रहें श्री कटारिया ने कल पश्पालन विभाग के संभागीय अतिरिक्त निदेशक विभागीय जिला अधिकारियों और मुर्गीपालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए कहा कि सभी संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय पशु रोग निदान केन्द्रों पर आरटीपीसीआर लैब और अजमेर में कुक्कूट रोग निदान प्रयोगशाला तथा पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव भिजवाएं जाएं श्री कटारिया ने मुर्गीपालकों से संवाद करते हुए कहा कि मुर्गियों में कहीं भी संक्रमण के संकेत नहीं मिले हैं इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है

उन्होंने मुर्गीपालकों से कहा कि वह बाड़े की साफ सफाई रखें और मृत पक्षी दिखने पर कंट्रोल रूम पर सूचित करें उधर जोधपुर के सेतरावा में कई कौए मृत पाए गए वहीं भोपालगढ़ क्षेत्र में भी कुछ कौओं के मरने का समाचार है ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत कौओं के सैंपल लिए

हालांकि वन विभाग की ओर से इन पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं की गई है

विभाग ने कहा है कि दो दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सैल्सियस गिरावट होने तथा तीन चार दिन घने से अति घना कोहरा छाए रहने और तेज ठंड रहने की संभावना है